मौसम विभाग ने राज्य के अधिकतर जिलों में दो अप्रैल तक तापमान में वृद्धि की जताई संभावना तीन अप्रैल से कुछ हिस्सों में छाये रह सकते हैं बादल

इसलिए सभी श्रोताओं से अपील है कि कोई भी कोताही ना बरतें सभी सुरक्षा उपायों का पालन करें और पैंतालीस वर्ष से उपर के सभी लोग बेहिचक टीका लगवायें सुरक्षित रहें और तीन आसान उपायों का पालन करें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

इस अवसर पर उन्होंने कहा कि इस आश्रम में सेवानिवृत और वृद्ध सैनिक बेहतर जिंदगी गुजार सकेंगे उन्हें यहाँ कई सुविधाएँ मिलेंगी इस मौके पर लोहरदगा से सांसद सुदर्शन भगत और सैनिक कल्याण बोर्ड के कई पदाधिकारी मौजूद थे

इस वृद्धाश्रम में सेवानिवृत सैनिकों के साथ ही उनके असहाय परिजन और शहीद सैनिकों की विधवा पत्नी भी आश्रय ले सकती हैं राज्य में लगातार बढ़ते कोरोना के मामले को लेकर आज स्वास्थ्य सचिव केके सोन ने आज रांची में प्रशासनिक अधिकारियों के साथ एक बैठक की इस दौरान उन्होंने कोरोना जांच में तेजी लाने के निर्देश दिए उन्होंने बस अड्डे और रेलवे स्टेशन समेत अन्य सार्वजनिक स्थानों पर आम लोगों के जांच करवाने के आदेश दिए

इस बैठक में एनएचएम के अभियान निदेशक रांची के उपायुक्त वरीय पुलिस अधीक्षक समेत कई अधिकारी मौजूद थे

इस सम्बन्ध में स्वास्थ्य विभाग के सचिव कमल किशोर सोन ने सभी जिलों के उपायुक्तों को निर्देश दिया है उन्होंने सभी उपायुक्तों को इसके व्यापक प्रचार प्रसार करने के निर्देश दिए हैं

इसके अलावा टीकाकरण केन्द्रों पर भी पंजीकरण की सुविधा उपलब्ध होगी राज्य में कोरोना के मरीजों की संख्या तेजी से बढ़ी है इसे लेकर विभिन्न जिलों में सतर्कता बढ़ा दी गयी है इस सिलसिले में रांची के उपायुक्त छवि रंजन ने आज खेलगांव स्थित कोविड केअर सेन्टर का निरीक्षण किया इस दौरान उन्होंने सेंटर में बेड की व्यवस्था करने और पूरे परिसर की साफ सफाई सुनिश्चित करने के निर्देश दिए मौके पर जिले के वरीय पुलिस अधीक्षक समेत अन्य अधिकारी मौजूद थे

जिले के उपायक्त कुलदीप चौधरी ने बताया कि सभी मरीजों को लिट्टीपाड़ा स्थित कोविड मैनेजमेंट सेंटर में भर्ती कराया गया है कोरोना महामारी के कारण सिमडेगा जिले में आयोजित होने वाली जूनियर नेशनल महिला हॉकी प्रतियोगिता को स्थगित कर दिया गया है

इधर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने आज वीडियो कॉल के माध्यम से इस मामले की जानकारी ली उन्होंने खिलाड़ियों से बातचीत की और उनका मनोबल बढ़ाया मुख्यमंत्री ने खिलाड़ियों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधा देने के लिए सम्बन्धित अधिकारियों को निर्देश दिया है

भारत में कोरोना संक्रमण का पहला मरीज मिलने के बाद से आकाशवाणी समाचार जागरुकता फैलाने में आगे रहा है आकाशवाणी समाचार ने पिछले वर्ष मार्च में विशेष लोक संपर्क कार्यक्रम कोरोना जागरुकता श्रंखला शुरू की इस कार्यक्रम में प्रतिष्ठित अस्पतालों के जाने माने चिकित्सक भाग ले चुके हैं और श्रोताओं की जिज्ञासाओं का समाधान कर चुके हैं

राज्य के वित्त मंत्री डॉ रामेश्वर उरांव ने कहा कि अब स्कूली पोशाक लोहरदगा जिले में भी तैयार किए जा सकेंगे बच्चों को पोशाक भी समय पर और अच्छी गुणवत्ता वाली मिलेगी श्री उराव आज लोहरदगा के किस्को प्रखंड मे औद्योगिक सिलाई केंद्र के उदघाटन के बाद लोगों को सम्बोधित कर रहे थे इस अवसर पर उन्होंने कहा कि जिले के सेन्हा में जल्द ही एक स्वेटर निर्माण केंद्र भी स्थापित किया जायेगा इधर श्री उरांव ने आज किस्को प्रखण्ड स्थित तिसिया गांव में एक ब्रिकेटिंग प्लांट का भी उद्घाटन किया मौके पर उन्होंने कहा कि ईंधन के रूप में ब्रिकेट बेहतर विकल्प है इससे लोगों को जलावन का एक बेहतर विकल्प मिलेगा साथ ही रोजगार के अवसर भी बढ़ेंगे इस दौरान श्री उरांव ने किस्को गांव में ग्रामीणों की समस्याएं भी सुनीं मध्पुर विधानसभा उप चुनाव के लिए तहत आज उम्मीदवारों के नामांकन पत्रों की जांच की गयी उपायुक्त सह जिला निर्वाचन पदाधिकारी मंजूनाथ भजंत्री ने बताया कि जांच के दौरान सात उम्मीदवारों के नामांकन पत्र सही पाए गए इनमें भाजपा के गंगा नारायण सिंह और झामुमो के हफीजुल हसन समेत निर्दलीय अशोक कुमार ठाक्र अशोक शर्मा उत्तम कुमार यादव किशन कुमार बथवाल और राजेन्द्र कुमार शामिल हैं श्री भजंत्री ने बताया कि तीन अप्रैल तक उम्मीदवार नाम वापस ले सकते हैं

इस संबंध में आज आदेश जारी कर दिया गया है केंद्रीय मंत्रिमंडल ने देश में खाद्य प्रसंस्करण उद्योग के लिए उत्पादन से जुड़ी प्रोत्साहन योजना को मंजूरी दे दी है नई दिल्ली में पत्रकारों को यह जानकारी देते हुए सूचना और प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने आज बताया कि इस योजना के तहत दस हजार नौ सौ करोड़ रुपये का निवेश किया जाएगा सरकार ने ऐसे विशिष्ट क्षेत्रों की पहचान की है जो प्रोत्साहनों के जरिए अपनी विनिर्माण क्षमता और उत्पादकता में सुधार करने के साथ रोजगार के अवसर भी उपलब्ध करा सकते हैं हमारे संवाददाता ने खबर दी है कि उत्पादन से जुड़ी प्रोत्साहन योजना पिछले एक वर्ष में काफी लोकप्रिय हई है महान संगीतकार भारत रत्न पंडित भीमसेन जोशी का जन्म शताब्दी वर्ष मनाया जा रहा है इस अवसर पर संगीत सभाओं के साथ साथ पंडित भीमसेन जोशी की स्मृतियों पर आधारित कार्यक्रम आयोजित किये जा रहे हैं उनका गायन हमेशा से लोगों के मन मस्तिष्क को प्रफल्लित करता रहा है मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने हजारीबाग नगर निगम के उप महापौर राजकुमार लाल के आकस्मिक निधन पर शोक जताया है श्री लाल का बीती देर रात हृदय गति रुक जाने से निधन हो गया गुमला जिले की पुलिस ने आज एक लूट की घटना में शामिल तीन अपराधियों को गिरफ्तार किया है जिले के प्रभारी पुलिस अधीक्षक शम्स तबरेज ने बताया कि इनके पास से एक देसी पिस्तौल दो गोली एक मोबाइल और दस सौ पचास रूपये नकद बरामद किए गए हैं मौसम विभाग ने राज्य के अधिकतर जिलों में दो अप्रैल तक तापमान में वृद्धि की संभावना जताई है रांची रिथत मौसम केंद्र के वैज्ञानिक अभिषेक आनंद ने आज बताया कि दो अप्रैल तक तापमान में तीन से चार डिग्री सेल्सियस तक की वृद्धि का पूर्वानुमान है इस दौरान तेज हवाएं भी चलेंगी हालांकि तीन अप्रैल से राज्य के कुछ हिस्सों में बादल छाये रहने की भी संभावना है इससे तापमान में तीन डिग्री सेल्सियस तक गिरावट दर्ज हो सकती है

सांसद ने आम लोगों से कोविड का टीका जल्द से जल्द लेने की अपील की

इस अवसर पर केंद्रीय रिजर्व पुलिस फोर्स के सहायक समादेष्टा अजय कुमार रजनीकांत ने समाज के भटके लोगों से मुख्यधारा में लौट आने की अपील की